आठ दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये मंत्रिमण्डल ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद बताया कि इस विधेयक में देश हित को सर्वोपरि रखा गया है इसे जल्द संसद में पेश किया जाएगा साउंड बाईट आप देखेंगे कि यह बिल के प्रावधान जैसे स्पष्ट होंगे सभी लोग इसका स्वागत करेंगे क्योंकि यह राष्ट्रीय इन्टरेस्ट में है और नेचुरल जस्टिस के इन्टरेस्ट में है और किसी के खिलाफ नहीं है हमारे संवाददाता ने इस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में बताया साउंड बाईट नागरिकता संशोधन विधेयक में विशेष वर्गों में अवैध प्रवासियों को छट देने के मौजुदा कानुन में संशोधन किया जाएगा

इस बिल को लोकसभा ने मंजूरी दे दी थी लेकिन यह राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका अब मौजूदा सत्र के दौरान इसे प्रस्तुत किए जाने की आशा है जहां इसे कांग्रेस टीएमसी और वाम दलों की आलोचना का सामना करना पड़ सकता है सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह मंत्रिमण्डल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व को आरक्षण के लिये व्यवस्था को और दस वर्ष के लिए बढ़ाए जाने को भी मंजूरी दे दी है यह व्यवस्था अगले वर्ष पच्चीस जनवरी को समाप्त होने वाली थी इसके तहत आरक्षण की अवधि को दो हजार तीस तक के लिये बढ़ाया जा रहा है केन्द्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बीएसएनएल और एमटी एनएल के विलय की प्रक्रिया जारी है लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा और इस उद्यम को लाभकारी बनाने के सभी प्रयास किये गए हैं उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि बीएसएनएल को बहुत जल्द फोर जी सेवायें प्राप्त हो जायेंगी संचार मंत्री ने यह भी बताया कि फाईव जी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये काम चल रहा है उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वीआरएस से सेवा प्रदाताओं को राहत मिलेगी और उनका मुनाफा बढ़ेगा

मर्जर की वैधानिक औपचारिकताओं में समय लगेगा और ये गुणवत्ता के सुधार की दृष्टिकोण में सरकार का कमिटमेंट है कि हम इन्हें प्रोफेशनल प्रोफिटेबल बनाएगे तो हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी केन्द्रीय संचार मंत्री ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकिरण के द्वष्प्रभाव से संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि इसके कोई प्रमाण नहीं है उन्होंने कहा कि पक्षियों को भी इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता

हम उसकी जांच करते हैं और अमी तक हमने लगभग बीस करोड़ रुपए पेनल्टी लगाया है बीस लाख पर बीटीएस और लगभग साढे बारह करोड हमने रिकवर भी किए हैं लेकिन हमें एक बात समझना पडेगा कि अगर मोबाइल का विस्तार चाहिए तो टॉवर जरूरी है केन्द्र सरकार ने कहा है कि भीड़ हिंसा के बारे में राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों के सुझाव के आधार पर भारतीय दंड संहिता और आपराधिक कार्यवाही संहिता में संशोधन किये जायेंगे राज्यसभा में आज प्ररक प्रश्नों का उत्तर देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने भीड़ हिंसा पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्रियों राज्यपालों और प्रशासनिक अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं उन्होंने कहा कि सुझावों पर गौर करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी और संबंधित कानून में संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी निगरानी विभाग की टीम ने नालंदा जिले के थरथरी प्रखंड के अमेरा पंचायत के आवास सहायक विकास कुमार को दस हजार रूपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है निगरानी पुलिस उपाधीक्षक सर्वेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आवास सहायक सरकारी आवास योजना के तहत लाभुक के बैंक खाते में योजना की तीसरी किश्त जमा कराने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था बक्सर जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के कुकुढ़ा गांव के बघार में युवती की हत्या मामले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल की टीम ने आज घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किया पुलिस उप महानिरीक्षक राकेश राठी ने बताया कि एफएसएल की साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी इधर पोस्टमार्टम टीम में शामिल चिकित्सक डॉक्टर बीएन चौबे ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर मिले साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि यूवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में तेज पछुआ हवा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया डिहरी का न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सबौर का दस डिग्री जबकि पटना का न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की और गिरावट हो सकती है सुबह और शाम कोहरा छाया रहेगा जबकि दिन निकलने के बाद आसमान साफ होगा औरंगाबाद जिले में पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर दो नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस अधीक्षक दीपक बरनवाल ने बताया कि पकड़े गये नक्सली सुदामा राम और लखन भूइंया की कई नक्सली वारदातों में पुलिस को तलाश थी पटना सिटी के कच्ची दरगाह स्थित पीपा पुल से एक यात्री जहाज के टकरा जाने के कारण आवागमन बाधित हो गया टक्कर में पीपा पुल तीन भागों में टूट गया और गाड़ियां इधर उधर फंस गयी इस घटना में कई सैलानियों को चोटें आयी हैं राज्य सरकार ने बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा इकतीस जनवरी दो हजार बीस तक ऑनलाईन जमा करने को कहा है सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया है पत्र के अनुसार सभी आईएएस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वर्ष दो हजार उन्नीस की अचल संपत्ति विवरणी को अगले वर्ष जनवरी तक जमा करा दें मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत वासुदेवपुर सराय चौक के पास अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक निजी फायनांस कंपनी के कर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया गंभीर स्थिति में उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है शिवहर जिले में स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर नवाब सिंह की अठहत्तरवीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी समस्तीपुर जिले के चकमेहषी थाना क्षेत्र के सहुरी गांव स्थित एक घर पर छापा मारकर पुलिस ने अस्सी बोतल विदेशी शराब सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है कटिहार रेल पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन से उनचास बोतल विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वहीं कटिहार स्टेशन परिसर से पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है जमुई जिले के चकाई थाना अंतर्गत चेकपोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने दस कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया पूर्वी चंपारण जिले के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के हुसैनी बाजार में दो वाहनों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गयी बेगूसराय जिले के बलिया में अपराधियों ने पूर्व उप प्रमुख ममता देवी के आवास पर गोलीबारी की पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

आठ दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा